श्री कांताराव ने बताया कि आयोग ने रेण्डम आधार पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र के वीवीपैट की स्लिपों का मिलान ईवीएम के कन्ट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम से करना अनिवार्य किया है ताकि चुनाव परिणाम में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके उधर सभी जिलों में भी मतगणना की तैयारी तेजी से चल रही है इन्दौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय नेहरू स्टेडियम में बनाये गये स्ट्रांग रूम में ही मतगणना का कार्य किया जायेगा

कैबिनेट बैठक प्रदेश में मतदान और मतगणना की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर कांग्रेस की ओर से आपत्ति उठाने के बाद निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बैठक में किसी प्रकार के नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकते प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने इस बारे में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कल कहा कि उन्हें कैबिनेट बैठक के संबंध में अभी कोई पत्र नहीं मिला है गौरतलब है कि प्रदेश में कल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है इस बैठक को लेकर आपत्ति उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसा क्या कारण है जिसके चलते भाजपा सरकार को आखिरी समय में बैठक करनी पड़ रही है एडवेंचर नेक्स्ट पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय एडवेंचर नेक्स्ट आज से भोपाल के मिंटो हॉल के कनवेंशन सेंटर में शुरू हुआ मध्यप्रदेश को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन की मेजबानी का मौका मिला है

नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि भारतीय नौसेना देश की समुद्री सरहदों की देखभाल में पूरी तरह से सक्षम है

मौसम प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है दिसम्बर शुरू होने के बाद भी लोगों को कड़ाके की ठंड का इंतजार है

भोपाल और इंदौर संभाग में पारा सामान्य से अधिक और शेष संभागों में सामान्य रहा

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में हल्की गिरावट शुरू होगी